प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कल नई दिल्ली में संवेग नाम से अभियान की शुरूआत करेंगे प्रदेश के तीन जिलों पटना गया और मध्बनी सहित देश भर के एक सौ जिलों में यह कार्यक्रम सौ दिनों के लिये चलाया जायेगा पटना के एलईडी बल्ब और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग मधुबनी के हस्तशिल्प तथा गया के हस्तकरघा उद्योग के विकास की संभावनाओं के मद्देनजर ये जिले चयनित किये गये हैं वित मंत्रालय ने एक टवीट में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विडियोकांफ्रेंसिंग के माध्यम से चयनित जिलों के उद्यमियों के साथ बातचीत करेंगे इसके लिए पटना और भागलपुर में तैयारियां की जा रही हैं इस दौरान इन उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने बाजार सुविधाएं जुटाने और कारोबार की अन्य सुविधाएं देने के बारे में घोषणाएं की जा सकती हैं जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को विकास के रास्ते से ही खत्म किया जा सकता है श्री मलिक आज पटना विश्वविद्यालय में आयोजित व्याख्यानमाला को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि वहां के हरेक पंचायत को विकास कार्यों के लिये डेढ़ करोड़ रूपये दिये जा रहे हैं श्री मलिक ने कहा कि जम्मू कश्मीर के यूवाओं को मूख्यधारा से जोड़ने के लिये सरकार कई कदम उठा रही है प्रदेश के हर घर में बिजली पहुंच गयी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज इसकी औपचारिक घोषणा की इस अवसर पर पटना में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि यह लक्ष्य तय सीमा से सड़सठ दिन पहले पूरा कर लिया गया है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार सौभाग्य योजना के तहत हर घर बिजली पहुंचाने में बिहार का प्रदर्शन देश में सबसे बेहतर है इस समय राज्य के कुल एक करोड़ उनतालीस लाख तिरसठ हजार नौ सौ नौ घरों में बिजली कनेक्शन हैं प्रदेश में बिजली की प्रतिदिन औसत खपत पैंतालीस सौ मेगावाट से अधिक है रेलवे ने अनारक्षित टिकटों को मोबाइल ऐप के माध्यम से खरीदने की सुविधा आज से शुरू कर दी है कोई भी यात्री अपनी यात्रा आरंभ करने के स्टेशन के पांच किलोमीटर के दायरे से देश के किसी भी स्टेशन के लिए टिकट खरीद सकता है रेलवे बोर्ड के सदस्य गिरीश पिल्लै ने बताया कि इसके लिए स्मार्ट फोन होना जरूरी है जो जीपीएस के आधार पर काम कर सके श्री पिल्लै ने बताया कि एक यात्री एक बार में एक टिकट ले सकता है और उसमें अधिकतम चार लोगों के टिकट शामिल हो सकते हैं यूटीएस ऐप के माध्यम से सीजन टिकट और प्लेटफार्म टिकट भी खरीदे जा सकेंगे उन्होंने कहा कि मोबाइल ऐप से टिकट लेने वाले यात्री को डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग भीम यूपीआई क्रेडिट कार्ड के अलावा रेलवे के विशेष भुगतान ऐप से भी भूगतान की सुविधा होगी उन्होंने बताया कि रेलवे के भूगतान ऐप से भूगतान करने पर पांच प्रतिशत की छूट मिलेगी पटना हाईकोर्ट ने राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबद्धता प्राप्त डिग्री कॉलेजों के स्नातक छात्रों को सत्र दो हजार सत्रह अठारह की परीक्षा में शामिल होने का आदेश दिया है मुख्य न्यायाधीश एमआर शाह की पीठ ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि ऐसे कॉलेजों के छात्रों का परीक्षा परिणाम संबद्धता का अनुमोदन मिलने के बाद ही प्रकाशित किया जायेगा गौरतलब है कि राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबद्धता प्राप्त डिग्री कॉलेजों के छात्रों को राज्य सरकार द्वारा परीक्षा में शामिल होने पर रोक लगा दी गयी थी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने दीपावली के दिन पटाखा फोड़ने का समय निर्धारित कर दिया है लोग रात के आठ बजे से लेकर दस बजे के बीच ही पटाखा फोड़ सकेंगे वन और पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव त्रिपुरारी शरण ने लोगों से तय समय सीमा के भीतर ही पटाखे छोड़ने की अपील की है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि स्ट्रेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ अब पॉलिटेक्निक के छात्रों को भी मिलेगा आज गोपालगंज में ब्रजकिशोर नारायण राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि पॉलिटेक्निक शिक्षा के प्रति छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिये कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ायी जायेगी उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा पर सबसे अधिक ध्यान दे रही है और कोशिश है कि किसी भी छात्र की पढ़ाई पैसे के कारण बाधित नहीं हो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने आज पटना स्थित इंदिरा गांधी आयूर्विज्ञान संस्थान में आयुष्मान भारत योजना के लिये बनाये गये विशेष यूनिट का उदघाटन किया समारोह को संबोधित करते हुए श्री पांडेय ने कहा कि अलग काउंटर और यूनिट खूल जाने से योजना का लाभ लेने में मरीजों को सूविधा होगी उन्होंने कहा कि इक्कीस बेड वाले इस यूनिट में सिर्फ आयुष्मान भारत के लाभार्थी ही भर्ती किये जायेंगे इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्रीय चक्षु संस्थान के पांच ओपीडी एक्सरे मशीन और कीमोथेरेपी वार्ड का भी उदघाटन किया राजद की न्याय यात्रा के दौरान आज जहानाबाद में मंच पर दो गुटों के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई राजद विधायक सुरेन्द्र यादव और राजेन्द्र यादव के समर्थक किसी बात को लेकर आपस में भिड़ गये इस दौरान मंच से शांति बनाये रखने की बार बार अपील होती रही लेकिन इसका कार्यकर्ताओं पर कोई असर नहीं हुआ हंगामे के वक्त मंच पर राजद के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कहा है कि एनडीए पूरी तरह एकजूट है और सभी घटक दल मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेंगे आज समस्तीपुर में पत्रकारों से बातचीत में श्री राय ने कहा कि रालोसपा गठबंधन का प्रमुख घटक दल है और उसकी उपेक्षा का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है उन्होंने स्पष्ट किया कि वे आगामी लोकसभा चुनाव उजियारपुर से ही लड़ेंगे निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने आज सुपौल जिले के मरौना प्रखंड के अंचलाधिकारी और निर्मली प्रखंड के प्रभारी मोहम्मद शाह आलम को पचपन हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है गिरफ्तार अंचलाधिकारी शिकायतकर्ता के मकान के पास से अतिक्रमण हटवाने के एवज में रिश्वत ले रहा था प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना आवास विहीन लोगों के जीवन में बडा बदलाव ला रही है हमारे सीतामढी संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट

आकाशवाणी समाचार के लिए सीतामढी से राजेश कुमार अठारह साल बाद रणजी क्रिकेट ट्राफी में अपना पहला मैच खेल रहे बिहार की शुरूआत बेहद खराब रही देहरादून में आयोजित मैच में उत्तराखंड के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए बिहार की पूरी टीम बाईस ओवर एक गेंद में साठ रनों के स्कोर पर सिमट गयी बिहार के केवल तीन बल्लेबाज ही दहाई का आंकड़ा पार कर सके विवेक ने सबसे अधिक तेरह रन बनाये उत्तराखंड के गेंदबाज डी डफोला ने घातक गेंदबाजी करते हुए मात्र तेरह रन देकर सबसे अधिक छह विकेट हासिल किये वहीं इसके जवाब में उत्तराखंड की टीम ने आज का खेल समाप्त होने तक पैंसठ ओवर में सात विकेट खोकर दो सौ एक रन बना लिये हैं बिहार की ओर से गेंदबाज समर कादरी ने तीन और आशुतोष अमन ने दो विकेट झटके वैशाली जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के कोझिया गांव के पास पूलिस ने छापेमारी कर एक ट्रक से चार सौ अड़तालीस कार्टन शराब बरामद की है बरामद शराब की कीमत दस लाख रूपये बतायी जाती है वहीं दरभंगा जिले के सिमरी थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या संतावन पर प्रलिस ने एक ट्रक से लाखों रूपये मूल्य की दो सौ उनचास कार्टन शराब जब्त की है मौके से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है इधर पश्चिम चंपारण जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लालसरैया गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर दस शराब भट्ठियों को ध्वस्त कर दिया शेखप्रा जिले में पूलिस विभाग के वेतन मद में लगभग पचपन लाख रूपये गबन करने के आरोप में एक महिला पुलिसकर्मी समेत सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवायी गयी है इस मामले में एक कम्प्यूटर ऑपरेटर को गिरफ्तार किया गया है अररिया जिले की एक अदालत ने हत्या के आरोपी सूरज यादव को आजीवन कारावास और पचहत्तर हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी है